पटना रिथत आसरा अल्पावास गृह मामले में एसआईटी पूर्व आईएएस अधिकारी सुनील कुमार से पूछताछ के लिए अमरिकी दूतावास से सम्पर्क करेगी उनपर आसरा गृह की संचालिका मनीषा दयाल को सहयोग पहुंचाने का आरोप है सूत्रों ने बताया कि अभी तक पूर्व अधिकारी के पते का सत्यापन नहीं हो सका है आशंका जतायी जा रही है कि मामला के उजागर होने के बाद सुनील कुमार अपने पुत्र के पास अमरिका चले गये हैं इधर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच के क्रम में एसआईटी को मनीषा दयाल और चिरंतन कुमार की एक पूर्व विधायक से नजदीकी की भी जानकारी मिली है ये विधायक मनीषा दयाल की स्वयं सेवी संस्था से सक्रिय रूप से जुड़े हुये थे वहीं दूसरी तरफ मनीषा और चिरंतन के बैंक खातों की जांच के दौरान अधिकारियों को कई अनियमितताएं मिली हैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड में सीबीआई ने पूर्व समाज कल्याण मंत्री दामोदर राउत से जमुई में पांच घंटे तक कड़ी प्रछताछ की है श्री राउत दो हजार आठ से दो हजार दस तक राज्य के समाज कल्याण मंत्री थे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच एजेंसी को इस बात के प्रमाण मिले थे कि दामोदर राउत ने अपने कार्यकाल के दौरान अनुचित तरीके से ब्रजेश ठाकुर की रवयं सेवी संस्था को लाभ पहुंचाया था पूछताछ के दौरान जांच एजेंसी ने कई कागजात दिखाकर पूर्व मंत्री से कई सवाल किये इस बात की भी सम्भावना है कि सीबीआई दामोदर राउत के पुत्र राजीव राउत से भी पूछताछ कर सकती है ब्रजेश ठाकुर से नजदीकियों की बात सामने आने के बाद जदयू राजीव राउत को पार्टी से निलंबित कर चुकी है इधर मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकूर के पटना स्थित कार्यालय से बरामद चादर और तकियों को दिल्ली स्थित सेंट्रल फॉरेंसिक लैब जांच के लिए भेजा गया है जांच से इस बात का पता चलेगा कि इन बिस्तरों का किन किन व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया गया था वहीं टीम ने ब्रजेश ठाकुर के कार्यालय के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरों का फुटेज भी जब्त कर लिया है इन फुटेजों के आधार पर सीबीआई कार्यालय आने जाने वालों का पता करेगी दूसरी तरफ जांच एजेंसी ब्रजेश ठाकुर के सहयोगियों मध्र संजय और धनंजय समेत ग्यारह अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है राज्य सरकार मुजफ्फरपुर बालिका गृह में यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को मुआवज़ा प्रदान करेगी पटना हाई कोर्ट के निर्देश के बाद मुजफ्फरपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी है निगरानी जांच ब्यूरो और आर्थिक अपराध इकाई प्रदेश के अठारह भ्रष्ट अधिकारियों की सम्पत्ति जब्त करेगी इस संबंध में दोनों एजेंसियों ने अधिकारियों की सूची तैयार कर ली है प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्थिक अपराध इकाई ने अब तक उन्नीस भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है इनमें से अठारह अधिकारियों की सम्पत्ति जब्त करने के लिए एजेंसी ने कानूनी प्रक्रिया तेज कर दी है जिन अधिकारियों की सम्पत्ति जब्त होगी उनमें सीनियर एडीएम एसडीएम निदेशक और कार्यपालक स्तर के अधिकारी शामिल हैं एक अनुमान के मुताबिक इन अधिकारियों की छियालीस करोड़ रूपये से अधिक की सम्पत्ति जब्त होगी सूजन घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने राज्य सरकार के तीन अधिकारियों को प्रछताछ के लिए चौबीस अगस्त को दिल्ली स्थित मुख्यालय बुलाया है जिन अधिकारियों को बुलाया गया है उसमें भागलपुर के तत्कालीन एडीएम हरिशंकर प्रसाद प्रभारी कल्याण पदाधिकारी अपूर्व कुमार मधुकर और जिला सांख्यिकी पदाधिकारी राजेन्द्र चंद्रवंशी शामिल हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक दो हजार अठारह को मंजूरी दे दी है राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के साथ ही यह कानून प्रभावी हो गया है गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने इस साल बीस मार्च को इस कानून के कुछ सख्त प्रावधानों को हटा दिया था जिस कारण इससे ज़ुड़े मामलों में त़ुरंत गिरफ्तारी पर रोक लग गयी थी इसके अलावा आरोपी को अंतरिम जमानत लेने की अनुमति भी मिल गयी थी न्यायालय के फैसले के देशव्यापी विरोध के बाद केन्द्र सरकार ने कानून को अपने पूराने स्वरूप में लाने के लिए संशोधन विधेयक लाया था जिसे लोकसभा और राज्यसभा ने मॉनसून सत्र में मंजूरी दी थी आज सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी है इस अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही शिवभक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर सोनपुर के हरिहरनाथ सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ दरभंगा के कुशेश्वर स्थान समस्तीपुर के थानेश्वर मंदिर पूर्वी चंपारण के अरेराज शिव मंदिर रोहतास के गुप्ता धाम खुसरूपुर के बैकटपुर शिव मंदिर और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिरों में इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया जा रहा है श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किये गए हैं केन्द्र सरकार ने प्रदेश के बयालीस नगर निकायों को खूले में शौच मुक्त घोषित कर दिया है नगर विकास और आवास विभाग के आग्रह पर थर्ड पार्टी जांच के बाद केन्द्र सरकार ने यह घोषणा की है राज्य सरकार भू गर्भ जल की गुणवत्ता की जीपीएस मैपिंग करवायेगी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने कहा है कि पहले आर्सेनिक फ्लोराईड और आयरन प्रभावित जिलों में जीपीएस मैपिंग होगा इसका पूरा ब्योरा विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा प्रदेश के गांवों में प्रतिदिन औसतन अठारह घंटे इक्कीस मिनट बिजली मिल रही है केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है बिजली की उपलब्धता के मामले में बिहार ने पड़ोसी राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी विद्यालयों में प्रार्थना सभा में लाउड स्पीकर का उपयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का आदेश दिया है साथ ही इस सभा के दौरान छात्र छात्राओं को देश दुनिया की खबरों से अवगत कराने का भी निर्देश दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी प्लस टू विद्यालयों और कॉलेजों में नामांकन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी है दूसरी सूची दो सितम्बर को प्रकाशित की जायेगी वहीं प्रदेश के दस विश्वविद्यालयों के कॉलेजों में स्नातक कक्षा में नामांकन के लिए आज तक नामांकन होगा इंडोनेशिया के जकार्ता में चल रहे एशियाई खेलों की निशानेबाजी के महिला ट्रैप स्पर्धा में बिहार के श्रेयसी सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है श्रेयसी इकहत्तर अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहीं पदक के लिए श्रेयसी सिंह आज मुकाबले में उतरेंगी उन्होंने पिछले एशियाड में रजत और कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया था मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेशभर में हल्की बारिश की सम्भावना जतायी है विभाग ने स्पष्ट किया है कि मॉनसून जैसी लगातार बारिश के आसार नहीं है स्थानीय कारणों से कहीं कहीं अचानक बारिश की सम्भावना बनी हुई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पटना में तीन दशमलव नौ मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी वैशाली जिले के बसौली गांव में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से तीन लोगों की हुई मौत के मामले में विभागीय जांच के बाद दो उत्पाद अधिकारियों को आरोप मुक्त कर दिया गया है पूर्वी चम्पारण जिले के पिपराकोठी थाना क्षेत्र के किशनपुर पांडे टोला गांव से उत्पाद विभाग की टीम ने एक व्यक्ति को इक्यावन कार्टन शराब के साथ गिरफ्तार किया है मुंगेर जिले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर तीन मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है मौके से कई निर्मित अर्द्धनिर्मित हथियार और मशीन जब्त किये गये हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों की अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने एशियाड खेल से जुड़ी खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाते हुये लिखा है बजरंग ने भारत के लिए पहला सोना जीता दैनिक जागरण की सुर्खी है मुजफ्फरपुर कांड में दामोदर राउत घिरे पांच घंटे पूछताछ दैनिक भास्कर की खबर है सिद्धू के गले की फांस बना पाक आर्मी चीफ को गले लगाना कैप्टन अमरिंदर भी नाराज प्रभात खबर ने केरल में आई भीषण बाढ़ से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है सभी चौदह जिलों से हटा रेड अलर्ट राहत कार्य में तेजी राष्ट्रीय सहारा लिखता है पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की अस्थियां गंगा में विसर्जित आज की खबर है मंजू वर्मा पर आर्म्स एक्ट में एफआईआर